इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इस शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों के लिए ई ग्रंथालय बड़ी सौगात है

कार्यक्रम में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक कॉलेज को ई ग्रंथालय से जोड़ा गया है वर्चअल रैली निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने आज रुइकी विधानसभा की वर्च्अल रैली को संबोधित किया

केन्द्रीय मंत्री ने हर नागरिक को अटल आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करवाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार भी जताया सीएम प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवम्बर माह तक बढ़ाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से उत्तराखण्ड के लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं अब नवम्बर तक इस योजना को बढ़ाने से राज्य के इन परिवारों को राहत मिलेगी

हालांकि पिछले दो तीन दिनों से रिकवरी रेट में बड़ा सुधार देखने को मिला है

इसके तहत बाजार ख्लने और धार्मिक स्थलों में प्रवेश को लेकर छूट प्रदान की गई है केन्द्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है साथ ही मास्क को भी अनिवार्य रुप से लागू किया गया है कंटेनमेंट जोन में मौजूद धार्मिक स्थल होटल और मॉल फिलहाल बंद रहेंगे

दिशा निर्देशों के अन्सार रात्रि कर्फ्यू के समय में ढ़ील दी गयी है और अब कर्फ्यू रात दस बजे से स्बह पांच बजे तक लागू रहेगा

संबधित सभी जिला प्रशासन ने यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है वहीं चमोली जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिग का पालन करवाने के किए बदरीनाथ धाम में एक एक मीटर की दरी के स्थान चिन्हित किये है लामबगड़ में श्रद्धालूओं को टोकन देने की व्यवस्था की जा रही है

चमोली जिले के मुख्य विकास अधिकारी हंसादत पाण्डेय ने बताया कि ज्यादा यात्री होने पर पांड्केश्वर और जोशीमठ में श्रदधालुओं के रुकने की व्यवस्था की गई है वहीं केन्द्र सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है वहीं चारधाम के दर्शनों की अनुमति मिलने से श्रदधाल् काफी ख्श हैं डीएम निरीक्षण नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में अब कोरोना के सैंपलों की जांच हो सकेगी जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुक्तेश्वर में आज परीक्षण लैब का श्भारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आईवीआरआई मुक्तेश्वर लैब मे कुमाऊं मण्डल के पर्वतीय जिलों पिथौरागढ बागेश्वर और अल्मोड़ा के दुर्गम क्षेत्रों के भी सैंपलों की जांच की जायेगी उन्होंने लैब के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिदिन सैंपल जांच की रिपोर्ट आईसीएमआर के पोर्टल पर अनिवार्य रुप से अपलोड की जाये गौरतलब है कि लैब में दो मशीन संचालित हो रही है

कांवड यात्रा स्थगित कोरोना महामारी को देखते हए इस बार होने वाली कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है सरकार के फैसले का समुचित ढंग से अनुपालन कराने के लिए हरिदवार में महत्वपूर्ण बैठक की गई जिसमें जिलाधिकारी सी रविशंकर औऱ एसएसपी समेत यूपी और विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और एसएसपी मौजूद रहे

साथ ही क्वारंटाइन के दौरान उस पर होने वाले खर्च को भी उसी से वसूला जायेगा हरिदवार में कांवड़ियों पर प्रतिबन्ध के साथ ही कांवड़ से सम्बंधित केनए कपड़े आदि कोई भी सामान बेचने पर भी पाबन्दी रहेगी